प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लम्बे रल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया इसके बाद श्री मोदी ने एशिया के इस दूसरे सबसे लंबे पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया चार दशमलव नौ किलोमीटर लम्बे इस पुल के लोअर डेक पर दो लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर तीन लेन की सड़क है

इसके एक सौ बीस वर्ष तक सेवा देने का अनुमान है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह रेल संपर्क नदी के दक्षिणी और उत्तरी तट पर मौजूद दो रेल नेटवर्क को जोड़ता है इस पुल से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैनिकों और उनके साजसामान को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से ले जाया जा सकेगा केन्द्रीय गृहमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर गोमती नदी के कुड़िया घाट पर एक सौ इकसठ करोड़ करूपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा लखनऊ को खूबसूरत शहर बनाने के लिये यहां सुनियोजित तरीके से विकास कार्य कराये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि अब शहर को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े गा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं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 विविधता में एकता का महत्व दर्शाने के लिए इस समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है मुख्य समाधि नौ चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आकृति में बनी है नौ की संख्या का बड़ा महत्व है जो नवरस नवरात्रि और नवग्रहों को भी दर्शाती है नौ वर्गों को कमल की पंखुडियों के रूप में संजोया गया है समाधि का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दस करोड़ रुपये की लागत से किया है और निर्माण का पूरा खर्च अटल स्मृति न्यास समिति ने उठाया है

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ कई केंद्रीय मंत्रियों और अटल जी के परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पूरा राष्ट्र आज एक सच्चे राजनेता को याद कर रहा है उन्होंने कहा कि अटल जी हमेशा लोगों के दिलों में बने रहेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश श्री वाजपेयी के अमूल्य योगदान के लिए आभारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट संदेश में नये भारत के निर्माण का उनका सपना साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के लोग उनके सपनों का भारत बनाने के संकल्प के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रदेश में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पचानवे जयन्ती आज सुशासन दिवस के रूप में मनायी जा रही है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ के लोकभवन में राज्यपाल राम नाईक केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इसके बाद लोकभवन में महानायक अटल विषय पर आयोजित परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुये राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि अटल जी राजनीति के महानायक तथा देश के सर्वमान्य नेता थे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को विलक्षण प्रतिभा का धनी बताते हुये कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुये व्यवहार आचरण और कार्यशैली अटल जी से सीखने की जरूरत है

श्री योगी ने कहा कि अटल जी को अनेक पदों पर रहते हुये जो सम्मान प्राप्त हुआ वह अद्भुत है वे लम्बे समय तक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करते रहे जो प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के लिये अनुकरणीय है मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल जी की स्मृति में कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है उन्होंने कहा कि लोकभवन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पच्चीस फुट ऊॅची प्रतिमा स्थापित की जायेगी परिचर्चा में सभी वक्ताओं ने अटल जी को नमन करते हुये उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताये रास्ते पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती पर स्कूलों और कॉलेजों में कवि सम्मेलन वाद विवाद कविता पाठ और रंगोली प्रतियोगितायें सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये आज महामना पंडित मदनमोहन मालवीय की भी जयंती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि महामना मालवीय ने स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया

प्रदेश में आज क्रिसमस का पर्व उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन को इसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और विवरण हमारे संवाददाता से लखनऊ स्थित कैथेडल चर्च में मध्य रात्रि से ही क्रिसमस के भजनों के साथ ही प्रभु की आराधना का दौर शुरू हो गया था शहर के सभी गिरिजाघरों को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और वहां प्रभु ईसामसीह के जीवन पर आधारित आकर्षक झांकियां सजायी गयी हैं ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुये केक और उपहार तोहफे में दिये इस अवसर पर कैरोल गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया इसके अलावा लोगों ने अस्पताओं और अनाथालयों में मिठाइयॉ और कपड़े वितरित कर प्यार और सद्भाव का इजहार किया क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवैकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शूभकामनायें दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिल जुलकर खूशियां बांटने का संदेश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया

उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों में और निकटता लाने का प्रयास केन्द्र सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है

प्रदेश में पन्द्रह नवम्बर से पन्द्रह दिसम्बर के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें प्रदेश भर के नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाले वार्डो ने बढ़ चढ़कर भाग लिया आज इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया